जूलाई माह तक सभी स्कूली छात्रों को एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध कराने को भी मंजूरी

स्वच्छ दशर्नीय स्थल के तीसरे चरण की शुरूआत चमोली जिले के माणा गांव से शुरू

कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज धारचूला बेस कैम्प पहुंचा

देहरादून में मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस शिक्षा सत्र में पुस्तकों की कमी को दूर करने के लिए उत्तरप्रदेश और एनसीईआरटी से बात की जाएगी और जुलाई महीने तक सभी छात्रों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएगी

मंत्रिमण्डल की बैठक में गेहूं का समर्थन मूल्य एक हजार सात सौ पैंतीस रुपए रखा गया है एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने राज्य कार्मिक अनुभाग के समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी और अन्य पदों की संख्या में बढ़ोतरी को भी अनुमति दे दी है

संसोधन के बाद खनन सामग्री को राज्य से बाहर ले जाया जा सकेगा कैबिनेट बैठक में योग दिवस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई

व्यायाम प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक नागरिक से अपील की है कि वे रोजाना थोड़ा वक्त खुद को चुस्त दुरस्त रखने में लगाएं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि वे कोई ऐसा व्यायाम करें जो वे आसानी से कर सकते हों उन्होंने कहा कि इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी देश सेवा की भावना और अतुलनीय ऊर्जा स्तर से सभी को प्रेरित करते हैं एक ट्वीट में श्री राठौड़ ने फिटनेस चुनौती हम फिट तो इंडिया फिट में भाग लेने और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होने के महत्व को दोहराने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि फिटनेस अभियान में सकारात्मकता है और यह गैर राजनीतिक है रोजगार सुजन सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय आम जनता के संशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को अपने मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए यह बात कही

साथ ही कोर्ट ने इन आश्रमों में आध्रनिक चिक्तिसा सुविधा निःशुल्क देने को भी कहा है हल्द्वानी की सीनियर सिटीजन वैल्फेयर सोसाईटी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में वृद्धआश्रम खोलने और चिक्तिसा सुविधा प्रदान करने की मांग की थी

एक समाचार एजेंसी के अनुसार नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करेगा श्रूआत स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख परियोजना स्वच्छ दशर्नीय स्थल के तीसरे चरण के तहत दस नए महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों पर कार्य शुरू किया गया है इसकी शुरूआत चमोली के माणा गांव से की गई है जो बद्रीनाथ मंदिर के सामने स्थित है इस गांव में पौराणिक महत्व के अनेक स्थल हैं और यहां बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्वालू आते हैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि इन दर्शनीय स्थलों पर बुनियादी ढांचा जल निकासी सुविधाएं और जलमल शोधन मशीनें लगाई जाएगीं साथ ही यहां बेहतर स्वच्छता सुविधाएं ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना सड़कों का रखरखाव और बेहतर परिवहन सुविधाओं की स्थापना भी की जाएगी

जत्था कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज धारचूला के बेस कैंप पहुंच गया है कल सुबह यात्रियों की चिकित्सीय जांच की जाएगी और इसके बाद ही तीर्थयात्री यात्रा पर आगे जा सकेंगे

इससे पहले यह जत्था आज पूर्वाहन में अल्मोड़ा पहुंचा था मुलाकात फिल्म निर्देशक नारायण सिंह ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात की उन्होंने फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की टिहरी में शूटिंग के लिए राज्य सरकार के अच्छे सहयोग पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री सिंह को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्मों के निर्माण और पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए की जा रही पहलों की जानकारी दी मौसम प्रदेश में पिछले दो दिनों से तेज धूप की वजह से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है मौसम विभाग का मानना है कि अगले दो तीन दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान चार से पांच डिग्री सेल्सियस ज्यादा बना रहेगा जबकि मैदानी इलाकों के तापमान में भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने का अनुमान है इस बीच मौसम विभाग का मानना है कि आगामी शुक्रवार और शनिवार को राज्य में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है इधर हमारे चमोली प्रतिनिधि ने बताया कि ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहर के बाद से मध्यम बारिश हो रही है हालांकि यात्रा के सभी मार्ग खुले हैं और यात्रा सुचारू रूप से जारी है उधर अल्मोड़ा से भी बूंदाबादी होने की जानकारी मिली है

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन बिना गेट पास के किसी भी व्यक्ति को योगस्थल थ्ण्त्ण्प में प्रवेश नहीं दिया जाएगा गौरतलब है कि यहां योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रतिभाग करेंगे

रूद्वप्रयाग जिले में अलकनन्दा नदी पर घोलतीर और कोटेश्वर में चल रहे घाटों के निर्माण कार्य की धीमी गति पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए ज़िलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने तत्काल ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं